प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उन्नीस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये हैं कटिहार किशनगंज प्रर्णिया बांका और भागलपुर संसदीय क्षेत्रों से नवासी प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये थे सबसे अधिक सात प्रत्याशियों के नाम भागलपुर और छह के कटिहार में रद्द किये गये पूर्णिया में सत्रह में से एक प्रत्याशी का नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया जबकि चार अन्य को जांच होने तक स्थगित रखा गया है किशनगंज में सोलह में से चौदह प्रत्याशियों के नामांकन सही पाये गये हैं वहीं बांका में तेईस में से बीस नामांकन वैध पाये गये हैं जबकि तीन को रद्द कर दिया गया है पांचों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी उनतीस मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं मतदान अठारह अप्रैल को होगा इधर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे अशोक अग्रवाल और पुतुल कुमारी को नोटिस जारी कर नामांकन वापस लेने को कहा है विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कटिहार और पूर्व सांसद प्रतुल कुमारी ने एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पर्चा भरा है ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिये प्रत्याशी कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं इस चरण में औरंगाबाद गया नवादा और जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये सैंतालीस प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये हैं पहले और दूसरे चरण के लिये नामांकन का काम समाप्त होने के बाद विभिन्न दलों द्वारा चूनाव प्रचार तेज हो गया है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज गया और नवादा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनतीस मार्च को औरंगाबाद में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव कल आरा और दानापुर के भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने तीसरे चरण के चुनाव को लेकर आज सहरसा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने संबंधित जिलों के डीएम को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये सभी संवेदनशील बूथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती करने को कहा एचआर श्रीनिवास ने कोसी तटबंध के भीतर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है ताकि असामाजिक तत्वों और चूनाव में बाधा पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके बैठक में संबंधित जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी और जिलों के डीएम तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे गौरतलब है कि तीसरे चरण के लिए तेईस अप्रैल को सुपौल मधेपुरा खगड़िया झंझारपुर और अररिया में मतदान होना है कल से इन क्षेत्रों में नामांकन कार्य शुरू हो जायेगा बिहार में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सत्रह हजार से अधिक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तैनात किए जाएंगे चार संसदीय क्षेत्रों औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि सुरक्षाबलों की तैनाती रणनीतिक तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर की जाएगी राज्य में कुल सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं केन्द्रीय बल चुनाव होने तक राज्य में बने रहेंगे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया जायेगा पुलिस सूत्रों ने बताया कि माओवादी पहले चरण के मतदान को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं माओवादियों द्वारा चुनाव बाधित करने के किसी गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय बल तैनात किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर बेगूसराय सीट से भाजपा के घोषित उम्मीदवार गिरिराज सिंह को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में पार्टी आलाकमान ने कहा कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे और संगठन उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालेगा जानकारी के अनुसार अमित शाह के आदेश के बाद गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी को समेटते हुए बेगूसराय जाने का फैसला कर लिया है कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र स्थित मध्रबनी टोला सेमापुर मे उड़नदस्ता ने वाहन जांच के क्रम में करीब एक लाख साठ हजार रूपया नकद जब्त किया है शेखपुरा जिले में वाहनों की तलाशी के दौरान दो लाख बासठ हजार रूपये जब्त किये गये स्रोत का पता लगाने के लिये आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है गौरतलब है कि चुनाव में कालेधन के दुरूपयोग को रोकने के लिये कड़ाई से जांच की जा रही है इधर मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में जहां मोबाईल और टेलीफोन की सुविधा नहीं है वहां सेटेलाईट फोन का उपयोग किया जायेगा जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि मीनापुर क्षेत्र में एक सौ सोलह मतदान केन्द्र नक्सल प्रभावित हैं रोहतास जिले में मतदाता जागरूकता के तहत आज सभी मतदान केन्द्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया इधर पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने आज पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के जरिए सफलतापूर्वक मार गिराया

एलईओ लो आर्बिट में यह लायू सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था उसे एटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनट में सफलता प्रर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहुत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक प्ररा किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है

अब तक द्रनिया के तीन देश अमेरिका रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी नई मजबूती प्रदान करेगा प्रदेश के सुपौल और दरभंगा संसदीय सीट को लेकर महागठबंधन में गतिरोध बना हुआ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि दोनों सीटों पर राजद की आपत्ति ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान के स्तर पर ही लिया जायेगा श्री झा ने कहा कि बची हुई सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेगी निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना के जक्कनपुर थाना में पदस्थापित एक सिपाही शशिभूषण कुमार की ढाई करोड़ रूपये से भी अधिक मूल्य की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है आरोपी सिपाही के ठिकानों पर की गयी छापेमारी के दौरान जांच में इसका खुलासा हुआ है पूर्व मध्य रेलवे द्वारा छब्बीस मार्च को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है रेलवे भर्ती सेल दीघा से जारी सूचना के अनुसार अब यह परीक्षा तीन अप्रैल को होगी वहीं आज होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा भी तीन अप्रैल को ही होगी अठाईस मार्च को होने वाली परीक्षा चार अप्रैल को उनतीस मार्च को होने वाली परीक्षा पांच अप्रैल को और तीस मार्च को होने वाली परीक्षा छह अप्रैल को होगी वहीं इकतीस मार्च एक अप्रैल और दो अप्रैल को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी मधुबनी जिले के विस्फी प्रखंड अंतर्गत सोहास गांव में एक तालाब में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गयी बताया जाता है कि स्नान के क्रम में तीनों गहरे पानी में चली गयी जिससे यह हादसा हुआ पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र के दमका चौक पर आज ट्रैक्टर और ठेला के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस वर्ष राज्य के छह केन्द्रो पर आयोजित होगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के सचिव और सीटीईटी निदेशक अनुराग त्रिपाठी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पटना और मुजफ्फरपुर के अलावा चार और केंद्रों भागलपुर दरभंगा गया और हाजीपुर में भी इस वर्ष सात जुलाई को ये परीक्षा ली जायेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी